प्रदेश में एक बार फिर तापमान में गिरावट सीकर के फतेहपुर में पारा जमाव बिन्दू से नीचे लूढ़का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

मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में निर्भित कोविड के टीके बेहद किफायती है और विश्व के अन्य देशों में विकसित किये गये वैक्सीन के मुकाबले भारतीय वैक्सिन की कीमत काफी कम है उन्होंने कहा कि इससे पूरे देश के लोगों को फायदा होगा प्रधानमंत्री ने देश के कुछ राज्यों मे बर्ड फ्लू के हालात की भी समीक्षा की उन्होंने राज्यों से इस संबंध में रोडमैप बनाकर काम करने को कहा

आज का प्रश्न है क्या टीकाकरण स्थल पर किसी तरह की सावधानी रखनी होगी इसका उत्तर है कोरोना वैक्सीन लेने के बाद आपको कम से कम आधे घंटे तक वैक्सीनेशन केन्द्र में आराम करना चाहिए यदि आपको बाद में कोई असुविधा या बेचैनी महसूस होती है तो स्वास्थ्य अधिकारियों एएनएम आशा को सूचित करें कोराना अनुरूप व्यवहारों का पालन याद रखें जैसे कि मास्क पहनें हाथ की सफाई और दो गज की दूरी बनाये रखें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

इस दौरान सभी फ्रंटलाइन चिकित्सा कर्मचारियों को वैक्सीन लगाई जाएगी

भोपाल को झालावाड़ से पोल्ट्री के पहले भेजे गये सैम्पल की रिपोर्ट नेगेंटिव आई है इसके अलावा सीकर भीलवाड़ा और चूरू जिलों से मृत पक्षियों के सेम्पल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है टोंक और करौली जिलो से मृत पक्षियों के सेम्पल की रिपोर्ट पॉजीटिव आई है पश्पालन विभाग की ओर से जिलों में गठित टास्क फोर्स स्थिति पर निरन्तर निगरानी रखे हये है और वन विमाग भी अपने वन्य जीव अभ्यारण्यों में विशेष सतर्कता बरत रहा है इस बीच राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू प्रभावित और संभावित क्षेत्र में रोग के संकमण के सर्विलान्स और रिपोर्ट संकलन के लिए राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ भवानी सिंह राठौड़ को नोडल अधिकारी बनाया है

युवा कार्य और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि आज यूवाओं को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिडला के समक्ष बोलने का मौका मिला

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के समापन समारोह को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये संबोधित करेंगे

राज्यपाल ने आज कला और संस्कृति विभाग राजस्थान संस्कृत अकादमी मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर और निम्बाहेड़ा के एक निजी विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित राष्ट्रीय वेद ैसम्मेलन को वर्च्रअली सम्बोधित किया उन्होंने कहा कि वेद ईश्वर प्रदत्त हमारा ऐसा लिखित संविधान है जिसमें सभी वर्गो के लिए जीवन जीने का सर्वोत्तम ढंग बताया गया है

आज सीकर जिले के फतेहपुर में तापमान फिर से जमाव बिन्दु से नीचे चला गया है हमारे सीकर संवाददाता ने बताया कि सर्दी बढ़ने से क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित हैंआ है

श्रीगंगानगर से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां लगातार घने कोहरे के कारण जन जीवन प्रभावित हो रहा है वहीं सवाईमाघोपुर में दिन भर सर्द हवाओं के कारण ठिठ्रन बनी रही